यह इस मासिक कार्यक्रम का चौवनवां संस्करण होगा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

इनमें कुछ संदेशों को प्रसारण में शामिल किया जा सकता है

इसके बाद एसएमएस के जरिए एक लिंक उपलब्ध होता है जहां प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं बाल श्रम निषेध आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है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

यह दिवस सरकारों नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों तथा नागरिक समाज के साथ साथ लाखों लोगों को बाल श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी मदद करने के उपायों को उजागर करने के लिए एक मंच पर लाता है शिवपूरी र्स हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर आज शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया

होशंगाबाद में इस अवसर पर जिला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं एक जनजागरण रैली भी निकाली जायेगी और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया जायेगा पूर्व मंत्री निधन प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवनारायण मीणा का आज उत्तराखण्ड के रुद्वप्रयाग में निधन हो गया है वे केदारनाथ यात्रा पर गये हए थे इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था उनका पार्थिव शरीर आज गुना जिले के चाचौड़ा लाया जायेगा अंतिम संस्कार कल किया जायेगा श्री मीणा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से माने जाते थे वे चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और दिग्विजय सिंह के शासनकाल में दो बार राज्य मंत्री रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने श्री मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है मौसम गर्मी प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है ज्यादातर जिलों में पारा पैतालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश का एक मात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी भी लू की चपेट में है

स्थानीय मौसम विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय कमार शुक्ला ने बताया है कि एक दो दिन में प्रदेश के दक्षिणी हिस्से भोपाल इंदौर उज्जैन संभागों के जिलों में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने का अनुमान है इससे तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है

इसका कुछ असर प्रदेश पर भी पड़ सकता है गंगा दशहरा प्रदेश में आज नर्मदा घाटों और तटों पर गंगा दशहरा मनाया जा रहा है ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था इस अवसर पर श्रद्वालू पवित्र नदियों में स्नान कर विशेष प्रजन अर्चन करते हैं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर कल नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ संत भैयाजी सरकार के सानिध्य में समर्थ कृटी से राम नाम संकीर्तन यात्रा निकाली गयी जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए नर्मदा तट के प्रसिद्व सेठानी घाट पर पहुंची

गौरतलब है यहां के बीटीआई मार्ग पर स्थित श्रीदादा कृटी परिसर में गंगा दशहरा महोत्सव का दो दिवसीय आयोजन हो रहा है जबलपूर में भी नर्मदा के विभिन्न घाटों और तटों पर गंगा दशहरा मनाया जा रहा है सतना जिले के चित्रकूट में भी गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंचे हुए हैं यहां रामघाट पर सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही है